नियमित रूप से होगा मेडिकल चेकअप प्रदेश के सभी प्रखंडों में किसान समूह का किया जायेगा गठन

और हवा की रफ्तार बढ़ने से सुबह में बढ़ी ठंड

राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है उच्च शिक्षा देने वाले निजी संस्थान अगर नियम कानून को नहीं मानते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिये श्री टंडन ने विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि पंद्रह जनवरी के पहले मान्यता लेने के लिये दिये गये आवेदनों को सिनेट से पास कराकर राज्य सरकार को भेज दें उन्होंने कहा कि परीक्षा कैलेंडर का अनुपालन सुनिश्चित करें और परीक्षाओं को लेकर उनका परिणाम जल्द घोषित करें राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को निर्देश देते हुये कहा कि अतिथि शिक्षकों की अविलंब नियुक्ति करें और अगले वर्ष जनवरी महीने से सभी शिक्षण संस्थाओं में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था करें राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर लालजी भाई जाला ने कहा है कि बिहार के सफाईकर्मियों का बीमा किया जायेगा

श्री जाला ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में शिविर लगाकर सफाईकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सीवर की सफाई मशीन से ही करायी जाये कृषि मंत्री प्रेम कूमार ने कहा है कि राज्य के हर प्रखंड में एक किसान उत्पादक समूह का गठन किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में गठित किसानों के पांच समूहों को मिलाकर एक किसान उत्पादक संगठन बनाया जायेगा जिसे लघू किसान कृषि व्यापार संगठन के माध्यम से दस लाख रूपये तक का अनुदान मिलेगा वहीं राज्य के सूखाग्रस्त चौबीस जिलों के दो सौ पचहत्तर प्रखंडों के किसानों के बीच अनुदान का वितरण शुरू कर दिया गया है कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि अनुदान लेने के लिये सोलह लाख एक हजार सात सौ तैंतालीस किसानों ने आवेदन किया है दिसंबर तक किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जायेगा राज्य के सभी नगर पंचायतों में ऑनलाइन नक्शा पास कराया जायेगा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि ई गवर्नेस के अंतर्गत बेंगलुरू की एक कंपनी से विभाग ने समझौता किया है जिससे लगभग एक दर्जन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जायेगा श्री शर्मा ने कहा कि एक मोबाइल एप भी विकसित कराया जा रहा है राज्य के पूर्व मुख्य सचिव वी एस दूबे को चारा घोटाला के मामले में आरोपित बनाने को लेकर सीबीआई कोर्ट के आदेश को झारखण्ड उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है उच्च न्यायालय ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को उचित नहीं माना उधर पटना हाई कोर्ट ने आसरा गृह की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को जमानत दे दी है गौरतलब है कि मनीषा पर आसरा गृह के दो संवासिनों की मौत में लापरवाही बरतने का आरोप है वहीं चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा को झारखण्ड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है लेकिन एक अन्य मामले में भी जगदीश शर्मा सजायाफ्ता है इसलिये वो अभी जेल में ही रहेगा पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों को आज शपथ दिलायी जायेगी विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुलपति रास बिहारी सिंह और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में सेंट्रल पैनल के पांच सदस्यों और चौबीस काउंसलरों को शपथ दिलायी जायेगी हवा की रफ्तार बढ़ने और उसके रूख में बदलाव होने से ठंड बढ़ गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों में दिन का तापमान और गिरेगा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पछुआ और दक्षिणी हवा के चलने के कारण ठंड बढ़ रही है इसके साथ ही बंगला की खाड़ी में बने चक्रवात का असर भी अगले दो से तीन दिनों में राज्य में देखने को मिलेगा जिससे प्रदेश में बादल छाने की संभावना है वहीं भागलपुर सहित उसके आसपास के इलाकों में ब्रंदाबांदी भी हो सकती है जबकि लोकल थंडर स्ट्रॉर्म विकसित होने पर कई स्थानों पर बादल और धुंध छाये रहेंगे उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन शिक्षकों के वेतन वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है न्यायालय ने शिक्षकों को बढ़े हुये वेतन देने के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुये कहा है कि याचिका का तर्क निराधार है शिलांग में मेघालय के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बिहार मजब्रत स्थिति में पहुंच गया है आश्र्तोष अमन की घातक गेंदबाजी के सामने मेघालय की पहली पारी एक सौ पच्चीस रन पर ही सिमट गयी जवाब में बिहार ने दो विकेट खोकर अस्सी रन बना लिये हैं जम्मू में खेली जा रही राष्ट्रीय स्कूल अंडर सेवेंटीन फुटबॉल टुर्नामेंट में बिहार ने केरल को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है मोतिहारी में खेली जा रही अंतरजिला विद्यालय अंडर फोर्टीन क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज पूर्वी चंपारण और सिवान की टीमों के बीच भीड़ंत होगी नवगछिया में आयोजित पांचवी राज्य सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में पटना ने भागलपुर को पांच शून्य और मधेपुरा को सात एक से पराजित कर दोहरी जीत दर्ज की है खगड़िया जिले के मानसी थाना के बुच्चा पंचायत के नौनहा महादलित टोला में आग लगने से पच्चीस घर जलकर नष्ट हो गये इस दुर्घटना में तीन लाख रूपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी मूंगेर जिले के हवेली खड़गपूर थाना क्षेत्र के कंदने गांव से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के एक सदस्य श्रवण टुडु को गिरफ्तार किया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है राजधानी पटना में सतर्कता ट्रैप के विशेष न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह की अदालत ने मोटर यान निरीक्षक एमवीआई को रिश्वत लेने के मामले में दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा अलग से काटनी होगी खगड़िया जिले के मानसी थाना के राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या इकतीस पर कार और ट्रैक्टर के बीच हुयी टक्कर में तीन चिकित्सक समेत चार लोग घायल हो गये घायलों को खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है परिवहन विभाग ने कहा है कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं रहने पर वाहनों का निबंधन नहीं होगा और चालकों का चालान भी कटेगा इसके लिये सभी जिलों के डीएम एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है विश्वविद्यालय अनूदान आयोग छात्रों की शिकायतों के निपटारे के लिये शिकायत कोषांग का गठन करेगा कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ छात्रों की शिकायत ऑनलाइन निबंधित की जायेगी इसके लिये कॉलेजों को एक पोर्टल स्थापित करने के लिये तीन महीने का समय दिया गया है पटना के आईजीआईएमएस में कैंसर के इलाज के लिए एक नया पेन एण्ड पेलिटिव विभाग बनाया गया है जिसमें कैंसर के वैसे मरीजों का इलाज होगा जिनका पेट काटकर मल द्वार बनाया जाता है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दिये गये निर्णय को अपनी सुर्खी लगाया है इसके साथ ही हिन्दुस्तान की सुर्खी है राम मंदिर पर आयोध्या का समर्थन नहीं जदयू दैनिक जागरण ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने अभियोजन पक्ष और विशेष कोर्ट को धमकाया को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने बिहार में स्मार्ट बोर्ड से लैस होंगी सभी स्कूलों की कक्षायें को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने पहली बार दसवीं क्लास में बहाल किये जायेंगे अतिथि शिक्षक और गहलोत राजस्थान के सीएम और सचिन पायलट डिप्टी सीएम की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान जमुई में भगवान महावीर के जन्म स्थान से सटे स्थलों की होगी खुदाई को बड़ी खबर बनाया है

नियमित रूप से होगा मेडिकल चेकअप प्रदेश के सभी प्रखंडों में किसान समूह का किया जायेगा गठन

और हवा की रफ्तार बढ़ने से सुबह में बढ़ी ठंड